मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना लक्ष्य ब्लैक फंगस की समस्या पर नजर रखने का दिया निर्देश

श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा स्वास्थ्य और केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे जारी किया रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है

रक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सहायता उपलब्ध कराने में सेना निरन्तर प्रयास कर रही है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस कोविड रोधी दवा को विकसित करने के लिए डीआरडीओ तथा डॉक्टर रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है जिससे स्थिति बेहतर हो सकेगी

इसे अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ जिले के अधिकतर क्षेत्रों में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा खनन कार्य किए जाते हैं राज्य में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में औद्योगिक समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही कोरोना संक्रमण से इस लड़ाई को जीता जा सकेगा मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगल्स के प्रति चिंता जताते हुए प्रशासन से ब्लैक फंगल्स की समस्या पर नजर रखने की बात कही तथा ब्लैक फंगल्स के केसों पर त्वरित चिकित्सा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया ताकि संक्रमण को रोका जा सके श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार संक्रमित लोगों तथा उनके परिवार को हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है संक्रमण के इस दौर में अंतिम संस्कार हेतु लकड़ियां तथा कब्रगाह खुदाई के लिए जेसीबी मशीन की उपलब्धता निःशुल्क की गई है मुख्यमंत्री ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सांसद मंत्री एवं विधायकों द्वारा कोरोना नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयास तथा कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच तथा वैक्सीनेशन को लेकर कुछ अफवाह तथा भ्रम की स्थिति है लोगों के मन से कोरोना जांच तथा वैक्सीनेशन के प्रति भ्रम और असमंजस को दूर करना हम सभी की जिम्मेदारी है इस अवसर पर सांसद जयंत सिन्हा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी अपनी बाते रखीं तथा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है

दुमका में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज जिले के रामगढ़ और दुमका सदर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ केंद्रो का औचक निरीक्षण किया इस क्रम में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ केंद्रो में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली

इस दौरान पर जिन वाहन चालकों के पास ई पास नहीं पाया गया उन्हें वापस अपने घर भेज दिया गया

बेवजह घूमने फिरने वालों से पुलिस सरकारी गाइड लाइन के मुताबिक फाइन भी काट रही है

मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि अगले तीन दिनों में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को तीन लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जायेंगी गोड्डा जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ सुदूर गांवों में भी कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है

यह चिंता का विषय है इसे लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव अनोखी पहल करते हुए दो दिनों से साइकिल पर निकल कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं

श्री यादव ने लोगों से अपील की कि वे इस टीके पर कोई संदेह न करें टीका लें और सभी सुरक्षित रहें

इस मौके पर चेकनाका पर पुलिस प्रशासन और प्रखंड प्रशासन के अधिकारी तो मौजूद थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मी मौजूद नहीं था इसपर पुलिस अधीक्षक ने नाराजगी जाहिर की उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखने की बात कही

इसे लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल का मुआयना किया उन्होंने कोविड मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवन को सभी सुविधाएं द्रुस्त करने का निर्देश दिया जम्मु कश्मीर में शहीद बीएसएफ जवान मंजीत झा का द्मका में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया शनिवार की सुबह वे शहीद हो गये थे उनका पार्थिव शरीर आज बासुकिनाथ पहंचा नम आंखों से शहीद की शवयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए अंतिम संस्कार से पहले राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने मंजीत झा को श्रद्वांजलि दी

इसी उददेश्य के साथ इस संकट काल में कई लोग आगे आ रहे हैं मारवाड़ी युवा मंच रांची शाखा ने भी ऐसा ही प्रयास किया है कोविड संक्रमण की चपेट में ज्यादा लोगों के आने की वजह से इस बार होम आइसोलेशन ज्यादा हो रहे हैं जिससे लोगों को घर पर खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है

सिमंडेगा जिले में अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने शहर की दवा और किराना दुकानों में छापामारी की इस दौरान दवा दुकानों में कोविड की दवाओं के भंडारण के बारे जानकारी ली इस दौरान तीन द्कानों में एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ मिले जबकि एक दवा द्वकानदार से जुर्माना वसूला गया एसडीओ ने दवा दुकानदारों को कोविड की दवाओं की मूल्य सूची दुकान में लगाने का निर्देश दिया